प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नोवेल कोरोना वायरस कोविड नाइनटीन से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे घबराने का जरूरत नहीं है और वर्तमान समय में साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि मरीजों में संक्रमण की जांच के लिए पन्द्रह प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं तथा जल्द ही उन्नीस और कार्य करने लगेंगी इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए भारत नेपाल सीमा पर अब तक दस लाख चौबीस हजार लोगों की जांच की गई है पांच राज्यों बिहार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और सिक्किम के इक्कीस सीमावर्ती जिलों में तीन हजार छह सौ पंचानवे ग्राम सभा बैठकें की गई हैं इधर केन्द्र सरकार ने इटली ईरान दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों के लिए आज तक जारी किये गये सभी नियमित और ई वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये हैं वहीं दवाओं की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए पारासिटा मोल और विटामिन बी कम्पलेक्स के निर्यात पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यदि लोग कुछ एहतियाती उपाय करें तो इस वायरस पर काबू पाया जा सकता है

कोरोना वायरस से बचना है तो दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं

राज्य सरकार ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान में सम्मानजनक बढ़ोत्तरी की जायेगी आज विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के मामले को लेकर शुरू से गंभीर रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी की बात कही थी श्री मोदी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समान काम के लिए समान वेतन की मांग का कोई औचित्य नहीं है माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने नियोजित शिक्षकों के मामले में सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है श्री सिंह ने कहा कि सरकार के अड़ियल रवैये के कारण वार्ता नहीं हो पा रही है जिस कारण मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर शिक्षक हड़ताल पर हैं वे आज बेगूसराय में हड़ताली शिक्षकों की सभा को संबोधित कर रहे थे इधर विभन्न जिलों में हड़ताल पर गये नियोजित शिक्षकों के खिलाफ आज भी कार्रवाई की गयी बेगूसराय जिले में उत्तर प्रस्तिकाओं के मुल्यांकन कार्य से अलग रहने वाले एक सौ पचपन शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है वहीं पच्चीस शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिला दिवस के दिन वे अपना सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं को समर्पित करेंगे जिनके जीवन और कार्यों ने लोगों को प्रेरणा दी है अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे लाखों लोगों को प्रेरित करने में मदद मिलेगी उन्होंने लोगों से ऐसी प्रेरक महिलाओं की कहानियां हैश टैग शी इंस्पायर्स अस पर शेयर करने को कहा है लोग अपनी कहानियां ट्वीटर इन्स्टाग्राम और फेसबुक पर हैश टैग शी इंस्पायर्स अस का इस्तेमाल कर ट्वीट या पोस्ट कर सकते हैं चुनी गई प्रविष्टियों को प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर रखा जाएगा जिससे उनके विचार और सोच को विश्व जान सके

इस समूह के प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की थी रीना देवी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि उन्होंने दो वर्ष पहले जीविका की सलाह पर मलबरी की खेती की शुरुआत की थी अब वे बिचौलियों को कोकून नहीं बेचती हैं सीधे इससे धागे तैयार कराकर साड़ी बनाती है

श्री कुमार ने आज विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इन कार्यालयों में किसानों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी बेगूसराय जिले के शाम्हो और मटिहानी के बीच गंगा नदी पर नये पुल का निर्माण किया जायेगा

प्रस्तावित पुल लखीसराय के सूर्यगढ़ा में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी और बेगसूराय में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या इकतीस को जोड़ेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सांप सहित किसी अन्य जंगली जानवर के काटने से हुई मौत के मामले में पांच लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान है श्री मोदी ने आज विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वन और पर्यावरण विभाग ऐसे मामलों में मुआवजा देता है उन्होंने बताया कि सर्पदंश के कारण मौत के मामले में पोस्टमार्टम अनिवार्य है सीवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरकलपुर चेक पोस्ट के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान लगभग पचास लाख रुपये मूल्य की पांच सौ कार्टन शराब जब्त की है वहीं बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रजौरा चिलमिल पथ पर एक पिकअप वैन और कार से पन्द्रह लाख रुपये मूल्य की दो सौ पंचानवे कार्टन शराब बरामद की गयी मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया इधर शेखपुरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुनसान रजैना बधाड़ में पुलिस ने शराब निर्माण की दर्जनों भट्ठियों को नष्ट कर दिया वहीं जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से सात शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है राज्य सरकार ने होली के मददेनजर सभी पुलिसकर्मियों की छुटि्टयां रदद कर दी हैं पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है अररिया जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या तीन सौ सताईस ई के इक्यासी किलोमीटर पर डायवर्सन की मरम्मत कार्य को लेकर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है इस कारण अररिया से किशनगंज का सड़क संपर्क टूट गया है दारोगा बहाली के लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना के साइंस कॉलेज से विरोध मार्च निकाला इस दौरान अभ्यर्थियों ने सड़कों पर टायर जलाकर आवागमन बाधित कर दिया अररिया स्थित टाउन हॉल में नौ मार्च को दिव्यांगों के परिवादों की सुनवाई के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा

पटना के सैदपुर से एसटीएफ की टीम ने कुख्यात अपराधी कुणाल को गिरफ्तार किया है

वहीं वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के रमौली गांव में अपराधियों ने एक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से दो लाख रूपये लूट लिये